श्री चौहान आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होमगार्ड सैनिकों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शासन होमगार्ड सैनिकों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी लेकिन सैनिकों को भी प्रदेश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिये उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि नई ताकत नई क्षमता होमगार्ड के रूप में प्रदेश से जुड़ रही है सीएम एक्शन मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और छेड़खानी की घटनाओं पर नारजगी जताई है आज भोपाल में वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से प्रदेश के कमिश्नर कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अपराघों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये किसी भी प्रकार कि लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है कि व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाये उन्होंने महिलाओं के साथ अपराध करने वालों पर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं राजस्व मंत्री राजस्व मंत्री रामपाल सिंह की कथित बहू की आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मामले की जांच होगी वहीं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि युवती ने अपने सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं मामले में पुलिस जांच कर रही है जांच में मिले तथ्यों के आघार पर आगे की कार्यवाही होगी रेलवे विकास रेलवे विकास के क्षेत्र में कल मालवांचल के लिये विशेष दिन रहा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेल मंत्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय सहकारिता न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने इंदौर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेलवे के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस दौरान इंदौर देवास उज्जैन रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य और लक्ष्मीबाई नगर रतलाम रेलवे लाइन विद्युतीकरण कार्य की आधारशिला रखी गई साथ ही डॉ अम्बेडकर नगर स्टेशन महू में कोचिंग कॉम्पलेक्स सोलर प्लांट इंदौर के रेलवे स्टेशन पर दो एस्केलेटर तथा दो लिफ्ट और एलईडी प्रकाश व्यवस्था कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास भी हुए

सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वहीं पवित्र नदियों के घांट पर लोगों ने स्नान और पूजा अर्चना की आज से भारतीय नववर्ष शुरू हआ है इस मौके पर भी भोपाल में कई जगह रैली निकाली गई उज्जैन में इस अवसर पर सुबह शिप्रा नदी के तटों पर वैदिक विधिविधान और मंत्रोच्चार के बीच नववर्ष का अभिनन्दन किया गया सैकड़ों लोगों ने उगते सूर्य को अर्ध्य देकर नए साल की शुरुआत की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र और हिन्दू नववर्ष की शुभाकामनाएं दी हैं सतना के मैहर में मां शारदा देवी मंदिर में आज श्रद्धालुओं के लिये पट खोल दिये गये हैं बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं

जिले में अल सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों के जल अर्पण का सिलसिला जारी रहा नीमच समेत पूरे प्रदेश से चैत्र नवरात्र हर्षोल्लास के साथ मनाने की खबरे मिल रही हैं